श्री पुरी ने बताया कि न्यूनतम किराया तय करने के लिए संबंधित मार्गो पर रेलवे के किराये को आधार बनाया गया है उड़ान समय के आधार पर सात सेक्शन बनाये गये हैं हर सेक्शन के लिए एक सा अधिकतम और न्यूनतम किराया होगा वहींहवाई यात्रा के नए दिशा निर्देशों के तहत अब हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहँचना और आरोग्य सेत् ऐप का इस्तेमाल जरूरी होगा

कटिंग सैलून राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हये हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन की मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये है निर्देशों के अंतर्गत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में ब्खार ज्खाम खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालक को प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग ग्राहकों दवारा किया जाना स्निश्चित करना होगा

सैलून व पार्लर में उपयोग होने वाले सभी औजारों उपकरणों को हर बार उपयोग में लाने के उपरांत सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा

रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाडियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष वातान्कुलित रेलगाडियों के अलावा हैं मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल एक्सप्रैस और पैसेंजर रेलगांडियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेंगी

प्लिस अधीक्षक राकेश सगर ने आकाशवाणी को बताया कि ग्रामीणों को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की विभिन्न जानकारियां दी जा रही है

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन मृतक परिवारों के वारिसों को म्ख्यमंत्री राहत सहायता कोष से पांच पांच लाख रूपये की राशि तथा जिला प्रशासन द्वारा मदद सहकारी समिति के माध्यम से एक एक लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है कलेक्टर ने बताया कि इन श्रमिक परिवारों को संबंल योजना के तहत चार चार लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तूफान अम्फन त्फान से ओडिशा की त्लना में पश्चिम बंगाल अधिक प्रभावित हुआ है

पश्चिम बंगाल में लगभग पांच लाख लोगों को स्रक्षित निकाला गया है जिन्हें शिविरों में रहने को कहा गया

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा कि तूफान के बारे में मौसम विभाग का अनुमान पूरी तरह सटीक था

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर चालीस दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है

सागर जिले में आज नौ और कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या पचास के पार हो गई है रतलाम जिले में आज दो और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गये

किसान जब तक इन्हें भगाते तब तक चंद मिनटों में टिड्डी दलों ने पीपल के पेड़ सहित खेतों में खड़ी तरबूज अंगूर आदि फल गेंदा ग्लाब आदि फ्ल और सब्जियों की फसलें चट कर गए इस आफत से निपटने के लिए जिला स्तरीय दल भी गठित किया गया हैं मन्दसौर में भी टिड्डी दल ने एक बार फिर दस्तक दी है उधरछिंदवाडा में कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा स्रेन्द्र पन्नासे ने किसानों से अपील की है कि वे रात के समय अपने खेतों की सतत निगरानी करें